राज्य में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस बीच चिकित्सा विभाग ने विधानसभा परिसर में भी टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है जहां सोमवार से विधायकों को टीका लगाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज टीकाकरण केन्द्र का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघूराज सिंह ने बताया कि विधानसभा के केन्द्र में विधायकों पूर्व विधायकों और उनके परिजनों को टीके लगाये जोयेंगे

जयपुर उदयपुर तथा इंगरपर जिलों में इस अवधि में ज्यादा मामले सामने आये हैं

द्सरी ओर कोराना से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन व्यवसाय वापस पटरी पर लौटने लगा है बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान आ रहे हैं जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को फिर रोजगार भिलने लगा है पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रकाश चंद शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले दो माह में करीब आठ लाख पर्यटकों ने राजस्थान के संग्रहालय और पुरातत्व स्थलों का भ्रमण किया है

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी

बीकानेर में तीन दिन का हुनर बाजार आयोजित किया जा रहा है इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है

हुनर बजार में भाग ले रही एक महिला उद्यमी मीना तंवर ने बताया कि उन्हेांने कोरोना काल में घर पर रहने के दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सॉफ्ट टॉयज और अन्य हस्त निर्भित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया एक अन्य महिला उद्यमी तबस्सुम शमा ने बताया कि हुनर बाजार से महिलाओं को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है

झेंझून् में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में आज महिला और बाल विकास तथा अधिकारिता विभाग की ओर से मेहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ध्रवदास अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला में जयपुर के विभिन्न उद्योगो के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया

कल इस महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई